श्री चौहान सागर जिला मुख्यालय से वर्चअल माध्यम से कार्यक्रम में सभी जिलों के अधिकारियों के साथ शामिल होंगे मुख्यमंत्री योजना के लाभान्वित किसानों से चर्चा भी करेंगे इस कार्यक्रम का मध्य प्रदेश द्रदर्शन प्रादेशिक टीवी न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारण किया जाएगा मुख्यमंत्री सागर जिले के सिरोंजा में नवीन ऑटोमेटिक साँची डेयरी संयंत्र का लोकार्पण सांची के नए श्भंकर और टैग लाइन का अनावरण भी करेंगे

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्ष्ता करेंगे बैठक में सदन की कार्यवाही को समुचित तरीके से चलाने और विभिन्न विषयों पर चर्चा की उम्मीद है यह सर्वदलीय बैठक संसद का सत्र शुरू होने के बाद हो रही है आमतौर पर संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती रही है

इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों की स्मृति में देशभर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं

भोपाल स्थित मंत्रालय के गेट क्रमांक एक के सामने स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में सभी अधिकारी कर्मचारी दो मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्वांजिल देंगे

इसके लिए पोलियो बूथ सहित अन्य तैयारी की जा चुकी है कोरोना महामारी को देखते हुए पल्स पोलियो अभियान में शामिल सभी कर्मचारियों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं प्रदेश पोलियो खुराक पिलाने के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम जिला स्तर पर चलाया जा रहा है खाद्यान्न खरीदी राज्य सरकार गेहूं के अलावा प्रदेश में पहली बार चना सरसों और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी एक साथ शुरू कर रही है

पिछले साल तक सरकार पहले गेहूं की खरीदी करती थी इसके बाद अन्य फसलों की खरीदी की जाती थी कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल कहा कि चने की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसान मई जून तक इंतजार नहीं कर पाता है जिससे वे कम दाम पर ही बेच देते हैं किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है

वहीं कोरोना के संक्रमण दर में बेहद कमी आई है

प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या दो लाख छप्पन हजार छह सौ से ज्यादा हो गई है जबकि इनमें से दो लाख अड़तालिस हजार से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं सक्रिय मरीजों की संख्या दो हजार आठ सौ छब्बीस रह गई है वहीं कल सिर्फ तीन मरीजों की मौत हुई इसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या तीन हजार आठ सौ पांच हो गई है मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार देश विदेश के लोगों के बीच साझा करेंगे एक टवीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं

सामान्य प्रशासन विभाग ने कल शाम को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है इसके मुताबिक दमोह में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा को आबकारी विभाग का अतिरिक्त आयुक्त ग्वालियर पदस्थ किया गया है सरकार ने छह जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी बदला गया है आदेश के मुताबिक धार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास बनाया गया है जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल में अपर मिशन संचालक सलोनी सिडाना को धार में अपर कलेक्टर बनाया गया मौसम प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

सतना खजुराहो नौगांव टीकमढ़ और ग्वालियर में कोहरा रहा दमोह राजगढ़ इंदौर उज्जैन में शीतल दिन रहा

मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवाओं के कारण जिले में अगले दो दिनों तक मौसम में ठिठुरन बनी रहेगी